प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसलों की सरकारी खरीद के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा के अमिन्न अंग हैं

एमएसपी और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा हैं इसलिए इसका वैज्ञानिक तरीके से अच्छे से अच्छी व्यक्त्था के साथ अच्छा से अच्छा प्रबंधन भी हो और ये आगे भी जारी रहे ये बहुत आवश्यक है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध है

प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य क्रान्ति की दिशा में सरकार के प्रयासों में देश का किसान महत्वपूर्ण स्तम्म है उन्होंने कहा कि किसानों ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में खाद्य आपूर्ति बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निमाई है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में क्पोषण के मुद्दे के समाधान के लिए बहआयामी कदम उठाये हैं श्री मोदी ने कहा कि एक ओर बच्चों और माताओं के लिए पौष्टिक आहार बढाने पर जोर दिया गया है तो दूसरी ओर साफ सफाई के मानक बढ़ाने के भी प्रबन्ध किये गये हैं एक तरफ नेशनल न्यूटीशन मिशन शुरू हुआ तो दूसरी तरफ हर उस फैक्टर पर काम किया गया जो कुपोषण बढ़ाने का कारण है बहत बड़े स्तर पर परिवार और समाज के व्यवहार में परिवर्तन के लिए भी काम किया

श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि इन नये प्रावधानों से किसानों को किसी भी समय अनुबंध समाप्त करने की आजादी होगी उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि नये प्रावधानों के अन्तर्गत जो भी अनुबंध किये जायेंगे वे कृषि उत्पाद से संबंधित होंगे और इसका किसानों की भूमि पर कोई असर नहीं पड़ेगा कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी खाद्य और कृषि संगठन के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य मंत्री उपस्थित थे देश के आंगनबाड़ी कृषि विज्ञान केन्द्र ऑर्गेनिक और बागवानी मिशनों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नियुक्ति पत्रों का वितरण कर इसका श्भारम्भ किया इस अवसर पर बोलते हए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब तक विद्यालय नहीं खुलते और जहां स्मार्ट फोन की व्यवस्था नहीं है वहां दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से बच्चों को पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने और गावों मे सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए बच्चों के पठन पाठन की व्यवस्था पर विचार करना चाहिये उन्होंने कहा कि तकनीकी माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद विशेष कर मिशन प्रेरणा में नये सुधार शुरू हुए है शिक्षकों ने जहां भी प्रयास किये हैं वहां बच्चें पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूलों को छोड़कर बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में आये हैं उन्होंने कहा कि अगर हम टेक्नोलाजी से बचेंगे तो विकास की मुख्य धारा से पीछे छूट जायेंगे इसलिये हमें मुख्य धारा से वंचित नहीं होना है सिद्वार्थनगर जिले में एक विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किये इस अवसर पर इमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल एवं स्थानीय विधायक भी उपस्थित रहे कार्यक्रम को संबोधित करते हए श्री मौर्य ने कहा कि सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को गृणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये एवं युवाओं को रोजगार देने के क्रम में यह भर्ती प्रक्रिया की जा रही है सांसद जगदम्बिका पाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने से प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार होगा तथा यह निःशुल्क तथा गुणत्तापूर्ण शिक्षा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने में सक्षम होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य के प्रत्येक पुलिस थाने में महिला हेल्प डेस्क खोलने का आदेश दिया है मुख्यमंत्री ने एक बैठक में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को इसे प्राथमिकता देने का निर्देश दिया और कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज नवरात्र के पहले दिन से मुख्यमंत्री इस मिशन शक्ति अमियान की शुरूआत करेंगे

आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि सामान्य तौर पर महिलाएं पुलिस थानों में पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ अपनी शिकायत दर्ज कराने में झिझक महसूस करती हैं इसे ध्यान में रखते हुए इन महिला हेल्य डेस्क पर महिला पुलिसकर्मियों की ही तैनाती की जाएगी ताकि प्रदेश में हर महिला अपनी शिकायत बिना किसी डर के स्वतंत्र तौर पर दर्ज करा सके सरकार ने इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू करने को कहा है हेल्प डेस्क पर तैनात महिला पुलिसकर्मी शिकायतों को सुनने के साथ ही किसी भी वक्त महिलाओं की मदद के लिए भी तैयार रहेंगी राज्य सरकार ने इससे पहले लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर महिलाओं के लिए पिंक ब्थ भी बनाए है राजधानी समेत प्रदेश के कई बड़े शहरों के चौराहों पर भी महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है कार्यस्थल से देर रात लौटने वाली महिलाओं को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी राज्य सरकार ने की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये मंत्रिपरिषद ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक स्पेशल फेस्टिवल पैंकेज एवं उसके लिए अग्रिम भूगतान किये जाने की योजना के व्यापक उद्देश्यों को देखते हुए इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है

शक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए भक्त विमिन्न मंदिरों में माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं इस अवसर पर प्रदेश में विमिन्न शक्तिपीठों और मंदिरों पर आवश्यक सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है जिससे श्रद्वालुओं की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके प्रसिद्ध शक्तिपीठों मे से एक माँ विध्यवासिनी देवी के धाम विध्याचल मे कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र मेला प्रारम्भ हो गया है विध्याचल से हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट माँ विंध्यवासिनी की जय जयकारो के बीच प्रसिद्ध शक्तिपीठ विँध्याचल मे शारदीय नवरात्र मेला प्रारम्भ हो चुका है भोर में जैसे ही मंदिर के कपाट खुले मां के जय जयकारे से समूवी विध्य नगरी गूँज रठी

कोविड संक्रमण से बचाव के लिये व्यापक प्रबन्ध किये गये हैं लोगों के बीच सोशल डिस्टेस बनाते हुए दर्शन कराया जा रहा है मंदिर परिसर को लगातार सेनेटाइज कराने की व्यक्स्था भी की गई है मेले मे सुखा के लिये र्ल्रोन कैमरे और सी सी टीवी से निगरानी कराई जा रही है नवरात्र भर दर्शनार्थियों के लिये मंदिर बीस घंटे खुला रहेगा नवरात्र तक माँ के करण स्पर्श पर पाबंदी लगाई गई है